मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुचारु बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कहा न हो अनावश्यक बिजली कटौती

भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं आज गुना दतिया छतरपुर सागर दमोह सहित दस जिलों में तीव्र लू चलने की आशंका

वहीं मई के वेतन से इसका नगद भूगतान किया जायेगा

इसके अलावा मंत्रि परिषद ने उज्जैन में उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकार हर संभव मदद देगी जिससे वे पूर्री दुनिया में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे ग्वालियर खंडपीठ फैसला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के फैसले को पलट दिया है

इसके प्रभाव से प्रदेश की ऐसी सभी कॉलोनियां अवैध हो गई हैं जिन्हें इस धारा के तहत वैध किया जा रहा था नियमों का पालन कर बसाई गई कॉलोनियां इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी

जिन्हें वैध करने की तैयारी थी

जिसके खिलाफ अधिवक्ता उमेश बौहरे ने जनहित याचिका दायर की थी याचिका में इस प्रक्रिया को अवैध और विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए जनता को गुमराह करने वाला बताया था तोमर कृषि केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लक्ष्य आधारित अनुसंधान पर जोर देते हुए कहा है कि भारतीय कृषि पद्धति को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुसंधान किये जाने चाहिए श्री तोमर ने कल नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और विभाग एवं परिषद के क्रिया कलापों तथा उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान की उपलब्धियां ऐसी हों जिन पर देश और समाज गौरवान्वित महसूस करे उन्होंने खेती के लिए आध्रनिक उपकरणों तथा छोटी जोत वाले किसानों के लिए तकनीकों के विंकास कर उनकी आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य को पूरा करने के वास्ते पद्धतियों की खोज पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा श्री तोमर ने एकीकृत खेती ऊसर बंजर भूमि तथा सूखा से प्रभावित क्षेत्रों पर उपयोगी तकनीकों का विकास करने पर बल दिया

उन्होंने कहा कि सरप्लस बिजली होने के बाद भी बिजली कटौती होना गंभीर है मुख्यमंत्री ने इसके लिए जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने चेतावनी दी कि बगैर किसी वैध कारण के बिजली गुल होने पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी खामी या फॉल्ट होने से बिजली गुल होने के अलावा अगर बिजली बगैर किसी कारण बंद रहती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही हैं स्थानांतरण प्रदेश में राज्य स्तरीय संवर्ग के तृतीय श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों का जिले के अन्दर स्थानान्तरण आदेश अब प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर करेंगे स्थानान्तरण पर प्रतिबंध की अवधि में तहसील स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का तहसील के अन्दर और जिला स्तर संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अन्दर प्रशासकीय दृष्टि से स्थानान्तरण आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी होंगे

डाटा के आधार पर न्यूनतम परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों एवं शिक्षकों का चयन किया गया है परीक्षा का उद्देश्य शिक्षकों की अध्यापन क्षमता का ऑकलन करना और उन्हें पढ़ाने में आने वाली समस्याओं को जानकर उनके लिए प्रशिक्षण की कार्य योजना बनाना है इसके आधार पर शिक्षकों की दक्षता को संवर्धित किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त हो सके बोहरा समाज ईद दाऊदी बोहरा समाज द्वारा आज ईद मनाई जा रही है जबकि शेष मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद का त्यौहार चॉद दिखने के बाद मनाया जायेगा भोपाल में बोहरा समाज की मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की जायेगी वहीं बुरहानपुर से हमारे संवादाता ने बताया है कि शहर में ईद की विशेष नमाज न्यू नजमी मस्जिद में आमिल अली असगर साहब पढ़ाएंगे

उधर सउदी अरब में भी आज ईदुल फिव्र का पर्व मनाया जा रहा है कल शाम वहां शव्वाल का चांद देखा गया आमतौर पर माना जाता है कि सउदी अरब के एक दिन बाद भारत में भी ईद का चांद दिखाई देता है मौसम प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है चिलचिलाती गर्मी के कारण बाजार बेरौनक हो गये हैं और सड़कों पर आवाजाही लगभग ठप पड़ गई है दिन में घर से बाहर कदम रखना भी दूभर है प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री अधिक है प्रदेश का नौगांव आज सबसे अधिक गर्म जिला रहा यहां अधिकतम तापमान अड़तालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

मौसम विभाग ने रेड वार्निंग जारी करते हुए प्रदेश के गुना दतिया छतरपुर सागर दमोह रायसेन राजगढ़ श्योपुरकला भिण्ड और मुरैना जिलों में तीव्र लू चलने की आशंका जाहिर की है वहीं दर्जनभर जिलों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना भी व्यक्त की है